प्रदेश में कोविड उन्नीस के चार सौ बावन नये मामलों की पूष्टि

कटिहार में भी दो लाख से अधिक की लूट और मौसम विभाग ने कहा दो दिनों बाद ठंड में बढ़ोतरी की संभावना

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसका उद्देश्य टीकाकरण के पूर्व की सभी तैयारियों की समीक्षा करना था इस दौरान राज्य जिला प्रखंड और अस्पतालों के स्तर पर सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान से जूडी सभी जानकारियां दी गयी इधर बिहार के सभी अड़तीस जिलों में आज कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास चलाया गया पटना में चार स्थानों पर और शेष जिलों में तीन तीन स्थानों पर पूर्वाभ्यास संपन्न हुआ इससे पहले दो जनवरी को पटना जमुई और बेतिया में भी कोविड टीकाकरण को लेकर नौ स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया था हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया कि पूर्वाभ्यास में वे लोग शामिल हुए है जो लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था सिविल सर्जन सत्येन्द्र कुमार ग्रप्ता ने बताया कि जिले में पन्द्रह हजार सात सौ सतहत्तर स्वास्थ्यकर्मियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इन्हें टीकाकरण के पहले चरण में कोविड का टीका दिया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि प्रदेश के कुल एक सौ चौदह चिह्नित स्थानों पर आज ड्राइ रन चलाया गया पटना में जहां चार चयनित केंद्रों पर टीकाकरण को लेकर ड्राई रन हुआ वहीं राज्य के सभी जिलों में तीन प्रकार के सत्र स्थलों पर ड्राई रन सफल रहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तीस सरकारी जिला अस्पताल नौ मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल सोलह निजी अस्पताल सहित कुछ चुनिंदा स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया उन्होंने आज हुए ड्राई रन पर संतोष जताया है उन्होंने कहा कि को विन पोर्टल के माध्यम से ही पंजीकृत लाभार्थियों का टीकाकरण होगा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिये तैयार रहने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि वैक्सीन की पहली खेप जल्द ही दी जायेगी बिहार सहित उन्नीस राज्यों में वैक्सीन कंपनियां सीधे टीकों की आपूर्ति करेगी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि एनएमसीएच में एक बार में पन्द्रह लाख टीकों के रख रखाव की व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि पटना में तीन करोड़ सिरिंज पहुंचे है और उनमें से डेढ़ करोड़ पहले ही विभिन्न जिलों में भेजे जा चूके हैं गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एनएमसीएच पटना को टीका भंडारण को लेकर नोडल सेंटर बनाया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलूओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रृंखला जारी की है

उत्तर सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सिनेशन के लिए चिन्हित किया है पहले समूह में हैत्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं

इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरदमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा प्रश्न क्या कोई वैक्सीन बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है उत्तर नहीं कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल समय की जानकारी साझा की जएगी प्रश्न यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ हैं तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा उत्तर फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है

जो सीरम वैक्सीन कॉम्पोजिशन है उसके बारे में साधारण कंडीशन्स है जो कि हम एमरजेंसी यूज में लेते हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ बावन नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ तीन मामले पटना जिले में दर्ज किये गये हैं वहीं बेगूसराय में सताईस मुंगेर में छब्बीस और पूर्णिया में पच्चीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इधर राज्य में कोविड महामारी से ठीक होने वालों की दर संतानवे दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख पचास हजार चार सौ सेंतालीस मरीज ठीक हुए हैं वहीं चार हजार पचास लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढकर छियानवे दशलव तीन नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बीस हजार से ज्यादा कोविड रोगी संक्रमण से ठीक हुए इसके साथ ही देश में अब तक एक करोड सैंतीस हजार कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है देश में कोविड के सक्रिय मामले इस समय करीब दो लाख पच्चीस हजार हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान अठारह हजार एक सौ उनचालीस नये मामले सामने आये इसके साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या एक करोड चार लाख से ऊपर पहुंच चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से होने वाली मौत की दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है केन्द्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच नौंवीं दौर की वार्ता में कोई नतिजा नहीं निकल सका है बातचीत में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि अब पन्द्रह जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है आज बेगूसराय में भाजपा की जिला कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है उन्होंने कहा कि पारम्परिक खेती के साथ साथ डेयरी और अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाओं से देशी गायों की नस्ल को उन्नत करने में मदद मिलेगी

श्री कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कल भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र यादव उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणू देवी के साथ बातचीत में चर्चा नहीं की गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि कल की बातचीत में साझा कार्यक्रम और सरकार के लक्ष्यों पर बातचीत हई मूजफ्फरपूर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एक निजी बैंक के कर्मी को गोली मारकर लगभग सोलह लाख रूपये लूट लिये इस घटना में घायल कर्मी का इलाज अस्पताल में चल रहा है पुलिस मामले की जांच कर रही है इधर मुजफ्फरपुर के मोती झील में मोबाइल विक्रेता की हत्या के विरोध में व्यवसायियों ने कल्याणी बाजार और मोती झील में द्रकान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया इस घटना को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश है वे हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत खरखरिया घाट के पास अपराधियों ने एक निजी फाईनेंस कंपनी के कर्मचारी से दो लाख दस हजार रूपये लूट लिये लूट के बाद दोनों अपराधी घटनास्थल से फरार हो गये बेगूसराय शहर में सोना लूट कांड का आभूषण और सोने की बरामदगी के लिए एसटीएफ ने आज तीन द्रकानों में छापेमारी की गौरतलब है कि अपराधियों ने पिछले दिनों दरभंगा में पांच करोड़ से अधिक मूल्य का सोना लूट लिया था सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सरकारी डिजिटल कैलेंडर और डायरी एप की शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारी कैलेंडर कभी दीवारों की शोभा बढाते थे अब ये मोबाइल फोन में ही उपलब्ध होगा उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी दफ्तरों में अब कागज की जगह ई फाईल के माध्यम से कामकाज हो रहा है उन्होंने डिजिटल कैलेंडर के बारे में बताया कि यह पर्यावरण अनुकूल है सरकारी कैलेंडर और डायरी एप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस एप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा यह एप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लोक और संचार ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है पटना और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल पटना का अधिकतम तापमान लगभग उनतीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस अधिक है तेज धूप के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली है मौसम वैज्ञानिक एस के मंडल ने बताया कि दो दिनों बाद ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में हर टोले और गांवों में खेती के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी श्री कुमार ने सात निश्चय अभियान दो के अंतर्गत खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने पर आज मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचित और असिंचित क्षेत्रों का सर्वे कराया जायेगा इसके अलावा जल स्रोतों और कमांड एरिया को भी चिन्हित कर सभी खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मौसम के अनुकूल खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची में नाम जूड़वाने के लिये रविवार को विशेष शिविर का आयोजन होगा पहली जनवरी दो हजार इक्कीस को अठारह वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे साथ ही केंप में नाम हटाने और नाम तथा पता में संशोधन के लिये भी आवेदन लिये जायेंगे राज्य भर में भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन पन्द्रह से इक्कीस जनवरी तक किया जायेगा इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में अभियंताओं और राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी निर्माण का प्रशिक्षण दिया जायेगा

स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा इस दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी कई प्रदर्शनकारियों को चोट भी आयी है नालंदा जिले के पांच छात्र छात्राओं का चयन राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए किया गया है जमुई पुलिस ने केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की मदद से जिले के चकाई थाना क्षेत्र से शोभा उर्फ रोजीना खातून नामक कट्टर नक्सली को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर कोविड टीकाकरण को लेकर देश भर में पूर्वाभ्यास किया गया

प्रदेश में कोविड उन्नीस के चार सौ बावन नये मामलों की प्रष्टि

कटिहार में भी दो लाख से अधिक की लूट और मौसम विभाग ने कहा दो दिनों बाद ठंड में बढ़ोतरी की संभावना